इस बीच छत्तीसगढ़ में अब तक दो लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है कल राज्य के छह सौ छत्तीस केन्द्रों में पांच हजार सात सौ पचहत्तर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और दस हजार पांच सौ तैंतालीस फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड टीका लगाया गया आज कबीरधाम जिले के कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा जिला पंचायत के सीईओ विजय दयाराम के और डिप्टी कलेक्टर संदीप ठाक्र ने कोरोना टीका लगवाया सभी अधिकारियों ने बताया कि कोरोना टीका लगवाने के बाद वे पूरी तरह स्वस्थ हैं उन्होंने लोगों से अपनी सुरक्षा के लिए टीका लगवाने की अपील की

राज्यपाल ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान ध्रागांव में संचालित वनोपज प्रसंस्करण केन्द्र की गतिविधियों का अवलोकन किया साथ ही विभिन्न प्रसंस्करण केन्द्रों में काम कर रही महिलाओं से मुलाकात भी की इस अवसर पर राज्यपाल ने घोटिया के प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति को वनोपज संग्रहण के कमीशन की राशि भी प्रदान की उन्होंने वनोपज संग्रहण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की चिराग परियोजना बस्तर अंचल के आदिवासी किसानों को लाभदायी खेती के लिए प्रोत्साहित करने और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से चिराग परियोजना के लिए आज नई दिल्ली में एमओयू किया गया यह योजना बस्तर संभाग के सभी जिलों के तेरह विकासखंडों और मुंगेली जिले के मुंगेली विकासखंड के एक हजार गांवों में लागू की जाएगी छह वर्षीय यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त है इस परियोजना का उद्देश्य कृषि और अन्य उत्पादों का मूल्य संवर्धन कर कृषकों को इसका अधिक से अधिक लाभ दिलाना है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से बस्तर के किसान परंपरागत खेती के साथ आधुनिक खेती की ओर अग्रसर होंगे साथ ही उनके जीवन में खुशहाली का एक नया दौर शुरू होगा मोबाइल एटीएम वैन प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज रायपुर में पांच मोबाइल एटीएम वैन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया इस अवसर पर श्री सिंहदेव ने कहा कि मोबाइल एटीएम वैन की सुविधा से अब सुद्र अंचलों के लोग लाभान्वित होंगे उन्होंने बैंक सखियों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार ने पांच पंचायतों में एक बैंक सखी निर्धारित करने का लक्ष्य रखा है जिससे सुदूर क्षेत्रों में निवासरत् बुजुर्गों को पेंशन प्राप्त हो सके गौरतलब है कि राज्य ग्रामीण बैंक द्वारा शुरू किए गए पांच मोबाइल एटीएम वैन में से दो सरगुजा दो बस्तर और एक वाहन राजनांदगांव में अपनी सेवाएं प्रदान करेगा सीआरपीएफ डीजी प्रवास केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक एपी माहेश्वरी आज सुकमा जिले के मिनपा कैम्प पहुंचे इस दौरान उन्होंने मिनपा कैम्प को प्रदेश का सबसे बेहतर कैम्प बताया उन्होंने सीआरपीएफ के डीआईजी योज्ञान सिंह को गोल्डन डिस्क द्वितीय कमान अधिकारी सच्चिदानंद मिश्रा और जिले के पुलिस अधीक्षक कन्हैयालाल ध्र्व को डीजी डिस्क अवॉर्ड देने की घोषणा की इसके अलावा सीआरपीएफ के जवानों को दस लाख रूपये और जिला पुलिस बल को पांच लाख रूपये रिवार्ड देने की घोषणा भी की इस अवसर पर छत्तीसगढ़ पुलिस बल के विशेष महानिदेशक अशोक जुनेजा भी उपस्थित थे मैनपाट महोत्सव सरगुजा जिले में आज से तीन दिवसीय मैनपाट महोत्सव शुरू हो गया है इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मैनपाट में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के शोध और अध्ययन केन्द्र के लिए पचयासी एकड़ भूमि आवंटित किए जाने की घोषणा की वहीं मैनपाट में पुलिस मेस के लिए एक करोड़ रूपये भी मंजूर किए साथ ही करदना से कदनई और केनापर से घोघरा सड़क निर्माण की स्वीकृति भी दी इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सीतापुर में स्नातकोत्तर कॉलेज भवन निर्माण और मांड डायवर्सन में नहर निर्माण की घोषणा की

इस सूची में शामिल माओवादियों पर पचास हजार से लेकर दस लाख रूपये तक का इनाम घोषित है सूची में दंतेवाड़ा सुकमा सहित तेलंगाना के माओवादियों के नाम भी शामिल हैं बताया जाता है कि माओवादियों की जल्द पहचान करने के लिए इस सूची को एनआईए द्वारा गांव गांव में चस्पा किया जाएगा मिली जानकारी के अनुसार इस सूची में शामिल माओवादियों पर वर्ष दो हजार उन्नीस में विधायक भीमा मंडावी पर हुए हमले में शामिल रहने का आरोप है इस हमले में श्री मंडावी की मौत हो गई थी इस बीच दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले के सीमावर्ती इलाके में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर है बताया जाता है कि मुठभेड़ के दौरान एक माओवादी घायल भी हुआ है लोकवाणी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की पंद्रहवीं कड़ी का प्रसारण चौदह फरवरी रविवार को होगा मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार उपयोगी निर्माण जनहितैषी अधोसंरचनाएं आपकी अपेक्षाएं विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चौनलों से सुबह साढ़े दस से ग्यारह बजे तक होगा सड़क सुरक्षा माह यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए प्रदेश में इन दिनों सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है इस सिलसिले में महासमुंद में पुलिस प्रशासन ने हेलमेट पहनने वाले वाहन चालकों को चॉकलेट और पौधे भेंटकर उनका सम्मान किया वहीं दुर्ग जिले में सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एनसीसी के छात्रों द्वारा रूचि निर्माण अभियान चलाया गया इसी तरह मुंगेली जिले में जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने लर्निंग लाइसेंस बनवाया डीएमएफ ऑनलाइन पोर्टल प्रदेश में जिला खनिज न्यास से होने वाले कार्यों की स्वीकृति के लिए राज्य स्तर पर ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया जा रहा है इससे न सिर्फ कार्यों में तेजी आएगी बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी यह जानकारी महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंडिया ने हाल ही में एक बैठक के दौरान दी उन्होंने वनांचल क्षेत्रों में नये पोषण प्नर्वास केन्द्र खोलने के लिए कहा है कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कबीरधाम जिला खनिज न्यास की शासी परिषद की बैठक में उन्होंने जिले को कुपोषण और एनीमिया मुक्त बनाने तथा स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया संक्षिप्त समाचार अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा आगामी चौदह फरवरी को दो पालियों में आयोजित की जाएगी इसके लिए रायपुर में उनहत्तर परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत दुर्ग जिले के कई वार्डो में जांच के लिए लगाए गए शिविरों में अस्सी लोगों की जांच की गई राजनांदगांव जिले के मानपुर के खड़गांव में आगामी बाईस फरवरी से दो दिवसीय राज्य स्तरीय कोलांग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा कोंडागांव जिले में आईटीबीपी के एक जवान द्वारा गोली मारकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ क्षेत्र में जेल में बंद पुत्र को छुड़ाने के नाम पर पिता से तीन लाख रूपये की ठगी करने का मामला सामने आया है पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है जांजगीर चांपा जिले में रेत का अवैध परिवहन करने के मामले में बारह वाहनों पर कार्रवाई की गई है जांजगीर चांपा जिले में खाद्य पदार्थों से जुड़े कारोबारियों के लिए आज से दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है

भिलाई के नंदिनी इलाके से बीते दस फरवरी को लापता हुए तीन बच्चे रायपुर के सदर इलाके में घूमते पाए गए हैं इन तीनों बच्चों को रायपुर कोतवाली पुलिस ने अपने संरक्षण में लेकर नंदिनी थाना को सूचना दे दी है और दुर्ग की कोतवाली पुलिस ने बारह किलो गांजे के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है